नामसाई जिले के पाथेर गांव में जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन करते हए श्री शेखावत ने कहा कि पी एम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है उन्होंने कहा कि राज्य में बाढ़ से भू कटाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जल शक्ति मंत्रालय गंभीर है केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है श्री शेखावत ने चौखाम में इंट्रीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और गांव का दौरा किया इस अवसर पर म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य में वर्ष दो हजार तेईस तक प्रत्येक घर को पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा

लोअर दिबांग वैली जिले में इंट्रीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के समारोह को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन परियोजना की प्रगति की सराहना की श्री शेखावत ने कहा कि हाल ही में वर्चवल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पेमा खांड्र ने प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रो में वर्ष दो हजार तेइस तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहचाने का लक्ष्य रखा है उन्होने कहा कि भौगोलिक च्नौतियों के बावजूद प्रदेश की जल आपूर्ति परियोजनाओ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संसाधनो के उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है

लोअग दिबांग वैली में कल आयोजित कार्यक्रम में म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को गति देने के लिए जल्द ही पंचायत च्नाव कराए जाएंगे और जल आपूर्ति के लिए कम से कम कर टेरिफ लगाया जाएगा

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार कल दर्ज किए गए नए मामलों में शी योमी जिले से सोलह ईटानगर राजधानी क्षेत्र से पंद्रह लेपारादा से नौ चांगलांग से सात और वेस्ट कामेंग से छह मामले शामिल है जबकि ईस्ट सियांग और वेस्ट सियांग से पांच पांच तिरप और नामसाई से चार चार अंजाव जिले से तीन पाक्के केसांग से दो अपर स्बनसिरी लोअर दिबांग वैली लोअर सियांग लोहित और लोंगडिंग जिले से एक एक मामला सामने आया है राज्य में कोविड रिकवरी दर नवासी दशमलव दो पाँच है और अब तक तेरह हजार छह सौ उन्यासी व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ तीन है ईटानगर राजधानी क्षेत्र के म्ख्य चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने कोविड उचित व्यवहार के पालन पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को शपथ दिलाई

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड दवारा आजीविका और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत प्रायोजित इस इकाई में अरुणाचल स्टेट ग्रामीण आजिविका मिशन की सहभागिता है नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने कहा कि नामसाई क्षेत्र में बनाना का उपयोग सब्जी के रुप में किया जाता है लेकिन स्व सहायता समूह द्वारा बनाना चिप्स आध्निक तकनीकि से बनाने से वे प्रतिघंटे दो सौ से दो सौ पचास किलेग्राम चिप्स का उत्पादन कर सकेंगे